आज आकाशवाणी से मन की बात में उन्होंने कहा कि पराक्रम पर्व जैसा दिवस हमारे युवाओं को सशस्त्र सेना की गौरवपूर्ण विरासत की याद दिलाता है

आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसम्मान और संप्रभुता से समझौते की कीमत पर ऐसा हरगिज नहीं किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि बीसवीं शताब्दी में दो विश्व युद्वों में एक लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने शांति के लिए एक ऐसे युद्व में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया जिससे उनका कोई वास्ता नही था उन्होंने कहा कि भारत की नजर कभी भी किसी की धरती पर नहीं रही हमारी नज़र किसी और की धरती पर कभी भी नहीं थी यह तो शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी

यह भी शांति की दिशा में हमारे सैनिकों द्वारा किया गया एक पराक्रम था

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में सैनिक भेजने के मामले में सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में से एक है हमारे बहादुर सैनिकों ने नीला हेलमेट पहनकर पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है

पराक्रम पर्व जैसा दिवस युवाओं को हमारी सशस्त्र सेना के गौरवपूर्ण विरासत की याद दिलाता है और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रेरित भी करता है श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक सफलता की कहानी बन चुका है और सभी इस आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस बार महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा जो विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सम्मेलन है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन में दुनियाभर के स्वच्छता मंत्री और विशेषज्ञ भाग लेंगे और अपने अनुभव तथा प्रयोग साझा करेंगे श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती समारोह के शुभारंभ के साथ शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री ने विशेष अवसरों पर लोगों से खादी और हथकरघा उत्पापदों की खरीद के बारे में भी सोचने को कहा जिससे अनेक बुनकरों को लाभ होगा श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण करते हुए कहा कि उनका नाम आते ही हमारे मन में एक असीम श्रद्वा का भाव उमड़ आता है और उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को गर्व से भर देता है उन्होंने इकतीस अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर सभी लोगों से रन फॉर यूनिटी में भाग लेने का आह्वान किया ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को हम एक सूत्र में बांध सकें राष्ट्रपति स्वच्छता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सतत् विकास लक्ष्यों विशेषकर स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया है कल नई दिल्ली में महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्वच्छता पर चार दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि नया भारत बनाने के लिए स्वच्छता महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों को बेहतर भविष्य तभी उपलब्ध कराया जा सकता है जब स्वच्छ भारत के माध्यम से मानव संसाधन को संजोकर विशाल जनसंख्या का लाभ उठाया जाए

इसके तहत दो अक्टूबर से इकतीस दिसम्बर तक राज्य के दस हजार नौ सौ से अधिक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर विकास की योजनाओं को लागू किया जाएगा इसके लिए राज्य जिला और पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में यह जानकारी दी गई बैठक में सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण पर चर्चा की गई

इस दौरान उन्होंने जिले के विकास के लिए करोड़ों रूपये के कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया महासमुंद के बसना में आयोजित आसमभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल विकास यात्रा छत्तीसगढ़ के विकास और विश्वास की एक बड़ी तीर्थयात्रा है इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने दो सौ तिरपन करोड़ रूपसे से अधिक के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और अनुदान राशि का भी वितरण किया इसके बाद मुख्यमंत्री धमतरी जिले के भखारा में आयोजित आसमभा में शामिल हुए और वहां एक हजार चार सौ तिरसठ करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया शिक्षाकर्मी महासम्मेलन प्रदेश के शिक्षाकर्मियों का महासम्मेलन आज राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छात्रों और शिक्षकों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया गया है उन्होंने कहा कि नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में शिक्षाकर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है स्कूलों के साथ ही शिक्षकों की संख्या बढ़ी है इससे छात्रों के शाला त्यागने की दर में कमी आई है गौरतलब है कि प्रदेश के शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन होने के बाद पहली बार महासम्मेलन का आयोजन किया गया मतदाता सीधा संवाद कार्यक्रम आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कल एक अक्टूबर को फेसबुक लाइव के जरिए मतदाताओं से सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू कल दोपहर बारह से एक बजे के बीच एक घण्टे फेसबुक पर प्रदेश के मतदाताओं से रूबरू होंगे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत फेसबुक के सीईओ छत्तीसगढ़ पर प्रदेश के मतदाता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से सीधे संवाद कर सकेंगे

पहले भाग में पैनल के सदस्य चुनाव से संबंधित तैयारियों के बारे में मतदाताओं को अवगत कराएंगे साथ ही मतदाताओं को उनके मताधिकार के बारे में जागरूक कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा कार्यक्रम के दूसरे भाग में मतदाताओं के सवालों और जिज्ञासाओं का समाधान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन के लिए सोशल मीडिया फेसबुक पर एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है

पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि इन माओवादियों ने स्वयं पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सामने समर्पण किया आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में एक दंपत्ति भी शामिल हैं इन पर छह लाख रूपये का इनाम घोषित था ये सभी माओवादी जनमिलिशया सदस्य हैं और इन पर कई माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है गांधी जयंती छायाचित्र प्रदर्शनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में राजभवन में दो से चार अक्टूबर तक गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी इसमें विशेष रूप से महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा से संबंधित छायाचित्र गांधी साहित्य और उनके लिखे हुए पत्रों की छायाप्रति को शामिल किया गया है इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा चरखा खादी के वस्त्रों और उनके जीवन पर आधारित विशेष वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया जाएगा

प्रदर्शनी देखने के लिए कार्यालयीन समय में ओपन हाउस खुला रहेगा प्रदर्शनी का अवलोकन शालेय और महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के साथ आम नागरिक भी कर सकेंगे इस दौरान राजभवन में गांधी विचार और दर्शन पर आधारित संगोष्ठी आयोजित की जाएगी इस अवसर पर राजभवन परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दो अक्टूबर को राजधानी रायपुर में डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे